राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शाम सात बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को भी आमंत्रित किया गया है इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यू पी ए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे समारोह में बिम्सटेक और अन्य पड़ोसी देशों के नेता और राष्ट्राध्यक्ष भी शिरकत करेंगे इस समारोह में छह हजार से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है शपथग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिये बडे पैमाने पर तैयारियां की गई है इससे पहले आज शाम प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले संभावित सदस्यों को अपने आवास पर चाय पर बुलाया और उनके साथ मंत्रणा की इनमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह राजनाथ सिंह स्मृति ईरानी निर्मला सीतारमण पीयूष गोयल नितिन गडकरी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए

यह प्रसारण राजधानी और एफएम रेनबो चैनलों पर शाम छह बजकर पचपन मिनट पर सुना जा सकता है

श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है इससे पहले उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि दी

राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने विजयवाड़ा में गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई रेड्डी आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं

हाल के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जबर्दस्त हार और अध्यक्ष पद से राहल गांधी के हटने पर अड़े रहने से उत्पन्न स्थिति के बीच पार्टी ने यह निर्णय लिया है कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिये सभी न्यूज चौनलों और संपादकों से अनुरोध किया है कि वे अपने कार्यक्रम में कांग्रेस प्रतिनिधियों को शामिल न करें

यह अभियान तीन चरणों में चलाया जायेगा

तीसरे चरण में पहले के दोनों चरणों में छूटे हए बच्चों का टीकाकरण किया जायेगा

इनके अलावा एक मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में एक मेडिकल कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ एण्ड साईसेंज द्वारा जयपुर में संचालित किया जा रहा है

परिणाम जारी करने के बाद श्री डोटासरा ने बताया कि ग्णात्मक शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है राजस्थान शिक्षा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने

एचपीसीएल स्टैम्प शुल्क की राशि को घटाकर आंवटन और रूपांतरण शुल्क राज्य सरकार को अदा करेगी

जमातुलविदा पर जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद पर सामूहिक नमाज अदा की जाएगी वहीं ईदुल फितर पर मुख्य नमाज दिल्ली बाइपास रोड स्थित ईदगाह पर अदा की जाएगी

बीकानेर में टिड्डी आने की आशंका के चलते टिड्डी अनुसंधान केन्द्र अधिकारी सतर्क हो गये हैं

नागौर जिले के खींवसर पंचायत समिति के आंकला गांव के सरपंच पन्नाराम को अदालत ने सरपंच पद के अयोग्य घोषित कर दिया है उन पर नामांकन के दौरान अदालत में चल रहा मामला छिपाने का आरोप है जो जांच में सही पाया गया